सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि दी जायेगी

उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए आज अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए करीब एक सदी पुराने विवाद का निपटारा कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में विवादित जमीन को केन्द्र को सौंपे जाने का निर्णय किया

न्यायालय ने केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए प्रमुख स्थान पर मुस्लिम समुदाय के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया शीर्ष अदालत ने दो दशमलव सात सात एकड़ विवादित भूमि रामलला को आवंटित की न्यायालय ने निर्मोही अखाड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विवादित जमीन पर नियंत्रण की मांग की गई थी न्यायालय ने यह भी कहा कि विवादित स्थल के नीचे की संरचना इस्लामिक संरचना नहीं है एक हजार से अधिक प्रष्ठों के अपने फैसले में अदालत ने कहा कि हिन्दुओं के इस विश्वास को लेकर कोई विवाद नहीं है कि भगवान राम का जन्म ध्वस्त ढांचे के स्थान पर हुआ था न्यायमूर्ति एसए बोबड़े डीवाई चन्द्रचूड अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की खंड पीठ ने कहा कि विवादित दो दशमलव सात सात एकड़ भूमि का मालिकाना हक रामलला को सौंपा जाएगा जो इस मुकदमे के तीन पक्षकारों में से एक है पंरतु यह भूमि केंद्र सरकार के रिसीवर के कब्जे में रहेगी

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिन्दू अपना यह दावा सिद्ध करने में सफल रहे कि बाहरी प्रांगण उनके कब्जे में था और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपना दावा सिद्ध करने में विफल रहा अदालत न कहा कि विवादित स्थल पर बाहरी प्रांगण में हिन्दुओं द्वारा व्यापक पूजा की जाती रही और साक्ष्यों से पता चलता है कि मुसलमान मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करते थे जिससे पता चलता है कि उन्होंने स्थल का कब्जा नहीं छोड़ा था अदालत ने ये भी कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे जो भी ढांचा था वह इस्लामिक नहीं था लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने यह सिद्ध नहीं किया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई अदालत ने कहा कि एएसआई के साक्ष्यों को राय मात्र कहना इस संगठन के प्रति न्यायोचित नहीं है शीर्ष अदालत ने इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड की अपील यह कहकर नामंजूर कर दी कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि सरकार की है देशभर में राजनीतिक नेताओं विद्वानों और धर्म गुरूओं ने लोगों से अपील की है कि वे रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है अपने टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले को किसी को जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए उन्होंने लोगों से शांति सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया में आम आदमी का विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इसे पूरे देश ने स्वीकार किया है यह फैसला दुनिया को यह बताता है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवन्त और मजबूत है उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का मंत्र यह फैसला एक नया सबेरा लेकर आया है उन्होंने कहा कि फैसला आने के बाद हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है यह भारत की पुरातन संस्कृति परपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिविम्बित करता है

इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बाद हमें संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नई सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी आईये एक नई शुरूआत करते है अब नये भारत का निर्माण करते है हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कही पीछे तो नहीं छूट रहा हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते है सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय का स्वागत किया है एक ट्वीट संदेश में गृहमंत्री ने सभी समुदाय और धर्मों के लोगों से अपील की है कि वे इस निर्णय को स्वीकार करें और शांति तथा सौहार्द बनाये रखें

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज कहा है कि अयोध्या के बारे में उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक संतुलित और न्याय संगत है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो अयोध्या भूमि विवाद मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करता है लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है उन्होंने कहा कि फैसले के अध्ययन के बाद बोर्ड पूनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लेगा अयोध्या मामले के पक्षकारों में से एक इकबाल अंसारी ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि वे इससे शत प्रतिशत संतुष्ट हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने कहा है कि संघ न्यायालय के फैसले का स्वागत करता है उन्होंने कहा कि हम सारे तथ्यों का अभिनंदन करते हैं और इस निर्णय को जय पराजय की नजर से नहीं देखना चाहिए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है अपने ट्वीट संदश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शांति सुरक्षा आर सदभाव का वातावरण बनाये रखने के लिये प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है श्री योगी ने कहा कि रामजन्म भूमि मामले पर शीर्ष न्यायालय का निर्णय भारतीय कानून प्रणाली की निष्पक्षता का सजीव प्रदर्शन है उन्होंने कहा कि भारत के सभी नागरिक अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं इस बीच अयोध्या मामले के निर्णय के मददेनजर प्रदेश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुलिस और केन्द्रीय बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं प्रमुख मंदिरों तथा संवेदनशील स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने क लिये सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किये गये हैं

सभी जिलों में स्थापित किये गये कंट्रोल रूम से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है

उन्होंने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ पोस्ट न डालने की सलाह दी उधर एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज आज से बारह नवम्बर तक के लिये बंद कर दिये गये हैं हालांकि बाजार और दुकाने आज सामान्य रूप से खुले रहे लेकिन बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की अपेक्षा कम रही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि करतारपुर गलियारे और एकीकृत जांच चौकी के खुलने से दोगनी खुशी मिली है वे आज करतारपुर गलियारे के उदघाटन के बाद पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक पर श्रद्धालुओं को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने भारत की इस भावना को समझने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का धन्यवाद किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद ए मिलादु नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है

उन्होंने आशा व्यक्त को कि यह पर्व समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिये नई प्रेरणा देगा